इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

आजीवन कारावास राज्य सरकार प्रदेश में नकली दवाईयों का गोरखधंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने पर विचार कर रही है गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि नकली दवा इंजेक्शन का कारोबार करने वाले इंसानियत के द्श्मनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए कानून में संशोधन के लिए विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है लेकिन जल्द इसे खादय अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा खादय अपमिश्रण अधिनियम में इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है डॉ मिश्रा ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनकी संपत्ति को भी जब्त कर नेस्तनाबूद किया जाएगा उधर जबलप्र में नकली रेमडेसीवीर इंजेक्शन मामले में आरोपी यहाँ के सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को आज गिरफ्तार कर लिया गया वहीं जिला अधिवक्ता संघ ने उनका केस लड़ने से माना कर दिया है केन्द्र कोविड टीकाकरण केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को यह स्निश्चित करने को कहा है कि जिन लोगों ने कोविड टीके की पहली डोज ले ली है उन्हें द्रसरी डोज के लिए प्राथमिकता दी जाए

उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को छूट है कि वे इसे शत प्रतिशत भी कर सकते हैं राज्यों से कहा गया है कि वे वैक्सीन की दोनों डोज लेने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं उन्होंने बताया कि दूसरी डोज के लिए समय निर्धारण के लिए कोविन पर जल्द ही फ्लेक्सबिलटी फीचर भी उपलब्ध कराया जाएगा

इस च्नौतीपूर्ण समय में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रब्द्ध वर्ग की एक पहल कोविड रिस्पांस टीम आज से पांच दिन की व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रही है पॉज़िटिविटी अनलिमिटेड हम जीतेंगे शीर्षक वाली इस पहल का उद्देश्य समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है

इस व्याख्यानमाला के दौरान सद्ग्रु जग्गी वास्देव श्री श्री रविशंकर विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती सोनल मानसिंह आचार्य विदयासागर निर्मल पंचायती अखाड़े के महंत ज्ञानदेव सिंह लोगों को संबोधित करेंगे

प्रदेश में अधिकारियों की टीम विशेषज्ञों और चिकित्सकों से लगातार चर्चा कर रही है इसकी रोकथाम और बचाव के लिए अग्रिम रूप से हर संभव उपाय किए जाएंगे बच्चों को स्रक्षित रखने का हर संभव प्रयास होगा तीसरी लहर का आंकलन कर उचित फैसले लिए जायेंगे

सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला ने आज छतरपुर पहंचकर जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया और आक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली रायसेन जिला म्ख्यालय स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के दो छात्रावासों को बच्चों के लिए फिट फैसिलिटी घोषित किया गया है यहाँ उन बच्चों को रखा जायेगा जिनके माँ बाप कोरोना संक्रमित है और बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है सतना में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के क्रियान्वयन के लिये संबद्ध निजी अस्पतालों में अधिकारी और कर्मचारियों को नोडल अधिकारी निय्क्त किया है ग्ना जिले के बमोरी और झागर पहंचकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने थाना परिसर में भोजन वितरण व्यवस्था का श्भारंभ किया

शिवप्री जिले में जन अभियान परिषद के वालंटियर कोरोना से बचाव की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में भागीदारी निभा रहे हैं

बोहरा समाज सहयोग खंडवा में बोहरा समाज कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आक्सीजन की कमी दूर करने के प्रयासों में जुटा है

इस घटना से सबक लेते हुए हम समाज के सहयोग निशुल्क आक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं

रमजान के बाद आक्सीजन सिलेंडरों के साथ ही आक्सीजन मशीने भी निशुल्क मरीजों को प्रदान की जाएगी क्रिकेट भारतीय क्रिकेट टीम तीन एकदिवसीय और तीन टी ट्वेंटी मैचों के लिए ज्लाई में श्रीलंका का दौरा करेगी